राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आधार के स्वैच्छिक उपयोग से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी

उन्होंने आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए साथ नहीं देने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा है श्री नरेन्द्र मोदी ने कल पटना के गांधी मैदान में संकल्प रैली में कहा कि विपक्ष कहता है कि मोदी को खत्म किया जाना चाहिए लेकिन वह खुद चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में विपक्ष को साथ आना चाहिए उन्होंने पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने के लिए विपक्ष की आलोचना की

लोकसभा से इस सम्बन्ध में विधेयक पारित होने लेकिन राज्यसभा की मंजूरी न मिलने के कारण अध्यादेश लाना जरूरी हो गया था पिछले सप्ताह मंत्रिमंडल ने आधार और दो अन्य कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तन लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी थी इन संशोधनों में आधार के उपयोग के निर्धारित नियमों और निजता के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है अध्यादेश में आधार अधिनियम से सम्बन्धित बदलावों को प्रभावी बनाया गया है संशोधनों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आधार उपलब्ध न कराने वाले किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की सेवा प्रदान करने से इन्कार नहीं किया जा सकता चाहे वह बैंक खाता खोलने से जुड़ी हो या मोबाइल फोन के सिम कार्ड के बारे में हो

उन्होंने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष को विरोध करने और सवाल पूछने का हक है लेकिन इसमें संयम और राजनय जरूरी है श्री जेटली ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि जब पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है और सशस्त्र सेनाओं के साथ खड़ा है तो उस समय विपक्षी पार्टियां ऐसे बयान जारी कर रही हैं जो आतंकवाद के खिलाफ भारतीय अभियान को कमजोर कर रहे हैं

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्यटन उद्योग की सही प्रकार से मार्केटिंग की जाए श्री पायलट ने कल जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में परिचर्चा के दौरान यह बात कही

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अनेक नये पर्यटन स्थलों को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित करने की जरूरत है इनके विकास से युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिलेगें

इस बार महाशिवरात्रि सोमवार को होने की वजह से इसका विशेष महत्व माना जा रहा है राजधानी जयपुर के एकलिंगेश्वर ताडकेश्वर और झारखंड महादेव मन्दिर में तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है इसके अलावा प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध शिव मन्दिरों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है

उदयपुर के कैलाशपुरी में भी आज से दो दिन का मेला शुरू हुआ डूंगरपुर जिले के प्रसिद्व बेणेश्वरधाम में भी मेले जैसा माहौल दिखाई दे रहा है धौलपुर राजसमंद सहित अन्य जिलों में भी महाशिवरात्रि पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं इसे देखते हए सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इन्तजाम किए गए है राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने महाशिवरात्रि पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाए दी हैं सीकर जिले में भी महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर सीकर में लोक कलाकारों ने बांसुरी की मधुर स्वर लहरियों के साथ लोक नृत्य प्रस्तुत किये

लाखों श्रद्वाल् गंगा यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर तड़के से ही पवित्र स्नान कर रहे है

इस अवसर पर श्री राठौड़ आधुनिक स्ट्रंडियो कॉम्पलेक्स की आधारशिला भी रखेंगे

श्री चन्द्रशेखर ने कल जयपुर में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित राज्य विधि प्रकोष्ठ चूनाव आयोग सम्पर्क विभाग और आर्थिक प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की कार्यशाला को संबोधित किया

इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बने नये भवन का उद्घाटन भी किया इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे